उन्होंने कहा कि इसका संचालन राहत आयुक्त कार्यालय में लागू व्यवस्था की तर्ज पर किया जाए मुख्यमंत्री लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कन्टेनमेन्ट क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाए साथ ही शनिवार और रविवार को संचालित किए जाने वाले विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अमियान के कार्यो की निगरानी भी ड्रोन कैमरों से की जाए मुख्यमंत्री ने रैपिड एन्टीजन विधि से कोविड नमुनों की जांच में वुद्वि करने के भी निर्देश दिए

सोमवार सुबह पांच बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिब्यों के दौरान राज्य भर में वहद स्तर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा प्रदेश सरकार की ओर से इस सप्ताह साप्ताहिक बन्दी के सम्बंध में जारी किए गए दिशा निर्दशों के अनुसार प्रदेश में सभी कार्यालय व्यावसायिक प्रतिष्ठान बाजार ग्रामीण हाट और गल्ला मण्डी शनिवार और रविवार को बन्द रहेंगे हालांकि समी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और बैंक खुले रहेंगे धार्मिक स्थल भी सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी प्रतिबन्यों का पालन करते हुए खुले रह सकते हैं राज्य में सभी औद्योगिक इकाईयों का संचालन जारी रहेगा रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का परिचालन भी जारी रहेगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए सिलेबस में तीस प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार चलेगी उन्होंने कहा कि कक्षा पाठ्यक्रम और चैप्टर को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सहायता से माहवार सालाना शैक्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा यह पाठ्यक्रम जल्द ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा उन्होंने कहा कि तीस प्रतिशत कम होने के बाद बचे हुए सत्तर प्रतिशत पाठ्यक्रम को भी तीन भागों में बांटा जाएगा इसमें पहले भाग को ऑनलाइन माध्यम से या दूरदर्शन की मदद से छात्रों को पढ़ाया जायेगा दूसरे भाग को छात्र स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ सकेंगे वहीं तीसरे और अंतिम भाग को प्रोजेक्ट वर्क के जरिए पूरा किया जा सकेगा कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की समी परीक्षाए रद्द करने का फैसला किया है उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कल कहा कि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में भेजा जाएगा उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं तीस सितम्बर तक ऑफलाइन ऑनलाइन या मिश्रित माध्यम से पूरी की जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डॉयल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए एक लाख निगरानी टीम बनाने का निर्देश दिया है कल रात लखनऊ में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आवश्यक रणनीति बनाने के लिए प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सकों और निर्देशकों की विशेष टीम गठित करने का भी आदेश दिया हमारे संवाददाता ने बताया है कि विशेष टीम में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारी और चिकित्सक शामिल किये जाएगे आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा

दस पन्नह परसेंट में उनको अस्पताल जाकर कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा

श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार पर भी सवाल पूछ सकते हैं यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या छह लाख पैंतीस हजार सात सौ सत्तावन हो गई है स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड बाईस हजार नौ सौ बयालिस लोग स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल देश में कुल तीन लाख बयालिस हजार चार सौ तिहत्तर संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है